फास्टैग वाहनों से पथकर वसूलने के लिए फास्टैग यानी प्रीपेड टोल की स्वचालित भुगतान व्यवस्था आज सुबह से लागू हो गई है यह सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है आकाशवाणी के साथ बातचीत में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के मुख्य महाप्रबंधक अमरेन्द्र कुमार ने बताया कि ये प्रणाली सुचारू रूप से काम कर रही है उन्होंने बताया कि टोल प्लाजा पर भुगतान करने के लिए लोगों को अब अपने वाहन रोकने नहीं पड़ेंगे फास्टैग आज से सारे नेशनल हाइवेज चौनल पे मैंडेटरी हो चुका है जिस गाडियों में फास्टैग लगी हुई है वह निर्वाध गति से फास्ट लेन का यूज करें और बिना रुके आगे जा सकते हैं इससे उनके समय ईंधन और पॉल्यूशन की भी कमी होगी

टोल प्लाजा पर बिना रूके आवागमन के लिए फास्टैग के माध्यम से पथकर वसूलने की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संग्रह प्रणाली लागू की गई है फास्टैग में रेडियो तरंगों के जरिये वाहन की पहचान होती है और चलते वाहन से सीधे पथकर का भुगतान हो जाता है यदि कोई चालक फास्टैग के बिना इलेक्ट्रॉनिक पथकर लेन में चला जाता है तो उसे दोगुने शुल्क का भ्गतान करना होगा मुख्यमंत्री शिलान्यास मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आज राजकीय इण्टर कॉलेज जयहरीखाल के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण कार्यों का शिलान्यास किया इस दौरान उन्होने कहा कि इस आवासीय विद्यालय में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की सुविधाएँ उपलब्ध कराई जायेंगी और परीक्षा के आधार पर चयनित प्रतिभाशाली बच्चों को प्रवेश मिलेगा आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के बच्चों को यहां शिक्षा के समान अवसर दिये जायेंगे श्री रावत ने कहा कि राज्य के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो इसके लिए राज्य सरकार बच्चों एवं उनके अभिभावको को मिलकर प्रयास करने होंगे इस आवासीय विद्यालय में उच्च गुणवत्ता के साथ ही बच्चों के बहुआयामी विकास पर ध्यान दिया जायेगा इस दौरान सचिव विद्यालयी शिक्षा आर मीनाक्षी सुंदरम जिलाधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल एसएसपी दलीप सिंह कुंवर भी उपस्थित रहे निरीक्षण ऑल वेदर रोड आल वेदर रोड़ परियोजना के निर्माण कार्यो के दौरान पर्यावरणीय संरक्षण हेतु सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के तहत गठित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की समिति ने आज टनकपुर से घाट तक सड़क निर्माण चौड़ीकरण और मलबा डंपिंग जोन का निरीक्षण किया इस दौरान समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने डंपिंग जोन की स्वीकृति और क्षमता के साथ मलवा निस्तारण से पर्यावरण पर पड़ने वाले वर्तमान और आगामी प्रभाव का आंकलन किया

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में इस आयोजन में देशभर के विधानसभा अध्यक्षों द्वारा प्रतिभाग किया जाना है इस दौरान अतिथियों के ऋषिकेश में गंगा आरती के साथ ही दर्शनीय स्थलों के भ्रमण को देखते हुए उनके द्वारा त्रिवेणी घाट का स्थलीय निरीक्षण भी किया गया

मौसम पिछले तीन दिनों से लगातार हो रही बर्फबारी के बाद अब मौसम खुलने लगा है लेकिन ठन्ड का प्रकोप जारी है अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों को छोड़कर निचले इलकों में मौसम सामान्य रहा अत्यधिक ठंड वाले क्षेत्रों में प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था भी की है उत्तरकाशी नैनीताल पिथौरागढ़ चमोली और अन्य जिलों के उन इलाकों में मार्ग खोलने का काम तेज कर दिया गया है जिन इलाकों में बर्फबारी के कारण मार्ग बंद हो गए थे साथ ही बिजली और पानी व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही हैं बर्फबारी के कारण रुद्रप्रयाग जिले में मयाली चिरबटिया मार्ग बंद है देहराद्रन जिले में लोखड़ी कोटी कानासार मार्ग बर्फबारी के कारण अवरुद्ध है ऋषिकेश गंगोत्री मार्ग भैरव घाटी ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग हेलेंग के पास बर्फ जमा होने के कारण अब तक नहीं खुल पाया है वहीं गोपोश्वर चोपता मंडल मोटर मार्ग के अलावा चमोली जिले में सात अन्य संपर्क मोटर मार्ग भी बंद हैं वहीं ठन्ड से एक वृद्ध की मृत्यू की खबर है इसके अलावा एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है चम्पावत जिले में टनकपुर चम्पावत मार्ग स्वाला के पास अवरुद्व है साथ ही बागेश्वर जिले में सात ग्रामीण मोटर मार्ग यातायात के लिए अब तक सुचारु नहीं हो पाए हैं जबकि पिथौरागढ़ के तवाघाट नाराणण और थल मुनस्यारी मोटर मार्ग भी बर्फबरी के कारण अवरुद्ध हैं कुछ मार्गो को खोल दिया गया है रूद्रप्रयाग उत्तरकाशी जिले के दूरस्थ इलाकों में स्नोकटर मशीनें लगायीं गयी हैं हिमपात में बंद सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है इस बीच मौसम विभाग ने पांच दिनों को जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार मौसम सामान्य बने रहने का अनुमान लगाया गया है हालांकि हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में घना कोहरा रहने की चेतावनी जारी की गई है

जिससे लोगों को बड़ी राहत तो मिलेगी ही पर्यावरण भी प्रदृषित होने से बचेगा नगरपालिका द्वारा प्रत्येक वार्ड में इन शौचालयों को स्थिपित करने के उपरान्त धीरे धीरे अन्य सार्वजनिक शौचालयों को भी जैविक शौचालयों में बदला जाएगा नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल ने बताया कि होटलों मकानों दुकानों में बने शौचालयों का प्रदूषित मल सीधे नदियों में जाने से बीमारियां तो बढ़ ही रही है नदियां भी प्रदूषित हो रही हैं जिसको देखते हुए इन जैविक शौचालयों को स्थिापित करने की योजना बनायी गयी है इन शौचालयो में स्थिापित बॉयो डाइजेस्टर कंटेनर में एनेरोबिक बैक्टीरिया होते हैं जो मल इत्यादि को सड़ाने में मदद करते हैं मल सड़ने के बाद केवल नाइट्रोजन गैस और पानी ही शेष बचता है इसके बाद पानी को री साइकिल कर शौचालयों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है

विजय दिवस बधाई मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना भूतपूर्व सैनिकों के साथ देश एवं प्रदेश वासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा के लिए वीर सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जायेगा

मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक हमेशा तत्परता के साथ अपना योगदान देते हैं जिस पर हमें गर्व है और पूरा देश उनकी बहादुरी को नमन करता है निमंत्रण विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से बीजापुर स्थित आवास पर मुलाकात की इस दौरान श्री अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को पीठासीन अधिकारियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन अवसर पर आमंत्रित किया और सम्मेलन से संबंधित तैयारियों एवं गतिविधियों से भी मुख्यमंत्री को अवगत कराया